थराली विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयारियां पूरी मतदान कल सुबह आठ बजे से शुरू होगा

और प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद

मन की बात प्रधानमंत्री ने परम्परागत खेलों को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए कहा कि समग्र व्यक्तित्व के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है आकाशवाणी से मन की बात में देशवासियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पारंपरिक खेल समग्र व्यक्तित्व विकास और लोगों के साथ संवाद कौशल में सुधार लाने में उपयोगी साबित होते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों के जरिये देश की विविधता में एकता की छवि देखी जा सकती है फिट इंडिया यानी स्वस्थ भारत अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान से अब तमाम लोग जुड़ते जा रहे हैं इनमें फिल्म जगत से लेकर खेल जगत के लोग और देश के आम नागरिक शामिल हैं श्री मोदी ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली की हम फिट तो इंडिया फिट की च्नौती को स्वीकार करना मेरे लिए खूशी की बात है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आगामी पांच जुन को विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी करेगा उन्होंने कहा कि देश के लिए यह आयोजन महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं यह इस बात को साबित करता है कि जलवायू परिवर्तन की दिशा में भारत के बढ़ते नेतत्व को विश्वव्यापी स्वीकृति मिल रही है उन्होंने प्रद्रषण पर काबू पाने के लिए लोगों से घटिया किस्म के पॉलिथीन और प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने को कहा प्रधानमंत्री ने स्वच्छ गंगा अभियान के तहत सीमा सुरक्षाबल के जवानों के एक समूह द्वारा एवरेस्ट के शिखर पर चढने का भी उल्लेख किया

उन्होंने कहा कि योगाभ्यास से साहस की भावना बलवती होती है

श्री मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पृण्य तिथि पर आज उनका स्मरण किया प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि रमजान के पवित्र महीने में रोज़े रखने के बाद ईद का पर्व मनाया जाएगा यह त्यौहार समाज में सदभाव के बंधन को और मजबूती प्रदान करेगा उपचुनाव थराली विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान कल सुबह आठ बजे से शुरू होगा मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं उपच्नाव के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है गौरतलब है कि यह सीट भाजपा विधायक मगनलाल शाह की मृत्य के कारण खाली हो गई थी इस सीट पर चुनाव के लिए पांच प्रत्याशी मैदान में हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रीमती मुन्नी देवी चुनाव लड़ रही हैं जो स्वर्गीय मंगन लाल शाह की पत्नी हैं जबकि कांग्रेस की ओर से इस सीट पर श्री जीतराम चुनाव लड़ रहे हैं उत्तराखण्ड क्रांति दल की ओर से श्री कस्वी लाल शाह और भाकपा की ओर से श्री कुंवर राम चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में श्री बीरी राम ने भी इस सीट पर चुनाव के लिए नामंकन किया है

वहीं उप निर्वाचन को लेकर पोलिंग पार्टियां अपने मतदान स्थल के लिए पहुंच गई हैं श्भारम्भ मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून के रायपुर स्थित राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय किकेट स्टेडियम में देहरादून एरिना का विधिवत शुभारम्भ किया

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस समझौते को ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बताया उन्होंने कहा कि राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय किकेट स्टेडियम विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त है इस समझौते से खेलों विशेषकर किकेट को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी योजना प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार चीड़ की सूखी पत्तियों से ऊर्जा उत्पादन की योजना पर काम कर रही है राज्य सरकार चीड़ की सुखी पत्तियों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के अलावा तारपीन का तेल और बायोफ्यूल बनाने के लिए करने जा रही है राज्य के आठ पहाड़ी जिलों अल्मोड़ा चमोली नैनीताल पौड़ी रूद्रप्रयाग पिथौरागढ़ टिहरी और उत्तरकाशी में पिरूल के संग्रह केंद्र स्थापित किये जायेंगे पिरूल एकत्रित करने वालों को इंसेटिव भी दिया जायेगा पिरूल से तारपीन का तेल और उसके कचरे से बायोफ्युल बनाने के लिये देहरादन स्थित प्रतिष्ठित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान राज्य सरकार का सहयोग करेगा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इस पहल को वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तित करने का प्रयास बताया और कहा कि इससे गर्मियों में पिरूल के जंगलों में वनाग्नि से बचाव के साथ ही जंगल और जीव जन्तुओं का भी संरक्षण होगा

इससे जहां सरकार को राजस्व प्राप्त होगा वहीं स्थानीय लोगों को बेहतर रोजगार भी मिलेगा प्रोजेक्ट उत्तरा पिथौरागढ़ में वित्तीय साक्षरता अभियान के तहत प्रोजेक्ट उत्तरा शुरू किया गया है यहां के बेरीनाग भाटी और गढ़तिर गांवों में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हई है इसके तहत लोगों को बैंकिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है दूरस्थ गांवों में जहां लोग अब भी बैंक से नहीं जुर्ड हैं उन्हें जागरुक करने के उद्देश्य से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि गांव के लोगों को भी बैंकों से जोडा जा सके इस अभियान के तहत लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाएं की जानकारी भी दी जा रही है दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है आठ दिनों तक चलनेवाले इस अभियान के तहत गंगोलीहाट डीडीहाट धारचूला और मुनस्यारी के विभिन्न गांवों में कैंप लगाया जाएगा साथ ही यहां प्रधानमंत्री जन धन योजना की भी समीक्षा की जाएगी मौसम प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी से राहत मिलने की संभावना है

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राज्य में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे इस दौरान गढ़वाल और कमाऊं में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा बारिश होने की संभावना के चलते जंगलों में लगी आग के बुझने की भी उम्मीद की जा सकती है गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्मी बढ़ने के चलते प्रदेश के विभिन्न जंगलों में आग लगी हई है सैनिक शिविर पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक सम्मान शिविर का आयोजन किया गया बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल में आयोजित इस शिविर में पिथौरागढ़ और चंपावत के भूतपूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया शिविर में आए लोगों को बताया गया कि वे किस तरह सेना की ओर से दी जा रही सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर के बी चंद ने बताया कि पूर्व सैनिकों को ऑन लाइन फॉर्म भरने और अपना रजिस्ट्रेशन कराने की जानकारी दी गई इस शिविर का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं की समस्याओं का समाधान करना था इस मौके पर क्माऊंनी छोलिया नृत्य के साथ विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये गए जोड़ मेला मीठे रीठे के चमत्कार के लिए प्रसिद्ध चम्पावत जिले के गुरुद्वारा रीठा साहिब में तीन दिवसीय सालाना जोड़ मेला आज से शुरू हो गया है गुरु ग्रन्थ साहब की अखण्ड पाठ की लड़ी के साथ शुरू इस मेले का शुभारम्भ अवसर पर देश विदेश से र्सेकड़ों सिख श्रदालुओं ने रतिया लधिया के संगम में ड्बकी लगाकर गुरुद्वारे में मत्था टेक मन्नत मांगी और शबद कीर्तन में भाग लिया मेले को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतेजाम किए हैं गुरुद्वारा रीठा साहिब के विषय मे मान्यता है कि एक बार गुरुनानक साहब अपर्न शिष्य मर्दाना के साथ यहां पहँचे और उनके शिष्य को भूख लगने पर ग्रु नानक साहब ने रीठे के पेड़ की ओर इशारा कर रीठे खाने को कहा कहा जाता है कि ग्रु की कृपा से मर्दाना ने जो भी फल खाया वह मीठा हो गया इसके चलते आज भी गुरुद्वारे में प्रसाद के रूप में रीठा दिया जाता है जो मीठा होता है नौकायान स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोडने के लिए उत्तरकाशी जिले की जोशियाडा झील में नौकायान शुरू किया गया है नौकायान की शुरूआत आज गंगोत्री विधायक गोपाल सिंह रावत और जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने की इस मौके पर विधायक ने कहा कि शहर को पर्यटन नगरी में विकसित किया जाएगा उन्होंने कहा कि गंगोत्री धाम में आने वाले यात्री अब नौकायन से भी प्राकृतिक सौन्दर्य का आनंद ले सकेंगे उन्होंने इस पहल को भविष्य मे जिले के विकास के लिए मील का पत्थर बताया